जयराम ठाकर इंदौरा में मिनी सचिवालय की आधारशिला भी रखेंगे बाद में मुख्यमंत्री का सूरजपुर में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है इस बीच मुख्यमंत्री ने कल शाम धर्मशाला में विकास गतिविधियों और कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित वीडियो कैप्सूल हिमाचल बुलेटिन का प्रथम अंक भी जारी किया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि पिछले कुछ दशकों में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है जिससे शिशु वं मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में कल एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए शोध और तकनीक के उपयोग से आज हर उपचार संभव हो पाया है बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए आयुष्मान भारत और जन औषधी योजना जैसी बड़ी योजनाएं शुरू की हैं राज्यपाल ने युवा वैज्ञानिकों और चिकित्सकों का आह्वान किया कि वे अपने शोध कार्यो को देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार लाने के लिए समर्पित करें

रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि हुकम सैन नामक ये बुजुर्ग घर में अकेले रहता था

बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भाजपा को पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी बताया है सिरमौर जिला के पांवटा साहिब मे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा एकमात्र पार्टी है जिसमें छोटे स्तर को कार्यकर्ता का भी बराबर सम्मान होता है बिंदल ने कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार हिमाचल के संपूर्ण विकास को लिए कार्य रही है और अब एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियां पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है आबकारी दफ्तर में विजिलेंस का छापा दर्जनों फर्जी चालान पकड़े ऊना में एफआईआर पंजाब केसरी का शीर्षक है आबकारी एवं कराधान विभाग में सामने आया पैसेंजर गुड्स टैक्स घोटाला दैनिक जागरण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है बदले की भावना से नहीं किए काम हिमाचल दस्तक के मुताबिक एयरपोर्ट विस्तार से पर्यटन बढ़ेगा रोज़गार भी

टाइमबाउंड हुआ निर्माण कार्य अगस्त तक बनकर तैयार होंगे चार हेलीपोर्ट शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है कांगनीधार बद्दी रामपुर और मनाली में बनेंगे ये हेलीपोर्ट बजट सत्र पर दिव्य हिमाचल लिखता है जयराम सरकार की उपलब्धियों के डेढ़ सौ पन्ने पढ़ेंगे राज्यपाल

दैनिक जागरण की खबर है सीमेंट कंपनियों पर नहीं सरकार का नियंत्रण हिमाचल दस्तक की खबर है कल से प्रदेश में नहीं मार पाएंगे बंदर बदरों को मारने की अनुमति आज हो जाएगी समाप्त

नमस्कार